कहा इस नई प्रणाली से दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचेंगी बैंकिग सुविघाएं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जल्दी न्याय दिलाने में प्रौद्योगिकी के महत्व पर दिया बल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल नई दिल्ली में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आईपीपीवी की शुरूआत की यह बैंक बचत और चालू खाते धन हस्तांतरण प्रत्यक्ष लाभ अंतरण बिल भुगतान तथा कपनी और कारोबारी भुगतान जैसी कई सुविघाए उपलब्ध कराएगा प्रघानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि देश के बैंकिग क्षेत्र में यह एक ऐतिहासिक दिन है देश की सामाजिक व्यवस्था में इससे बड़ा बदलाव आएगा उन्होंने कहा कि आईपीपीबी से बैंकिग सेवाएं देश के दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों के घरों तक पहुंच जाएगीं श्री मोदी ने कहा कि अब डाकिये और डाक सेवक घरों तक सिर्फ चिठियां पहुचाने का काम नहीं करेंगें बल्कि बैंकिंग सेवाएं भी पहुचाएंगे मुझे खुशी है कि इस विराट मिशन को गांव गांव तक घर घर तक किसान तक छोटे व्यापारियों तक पहुंचाने के लिए देश के तीन ताख डाक सेवक कटिबद्ध होकर के तैयार हैं डाक सेवक लोगों को डिजिटल लेन देन में न सिर्फ सहयोग करेंगे बल्कि उन्हें ट्रेनिंग भी देंगे ताकि भविष्य में वे अपने फोन से खुद बैंकिग और डिजिटल ट्रांजेक्शन कर सकें प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपीए सरकार की गलत नीतियों के कारण बैंको पर डूबे कर्ज का भारी बोझ आ गया है श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाये हैं उन्होंने कहा कि बैंको का पैसा हड़पने वाले बारह बड़े चूककर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है मैं देश को फिर कहना चाहंगा कि बैंको का जितना भी पैसा नामदारों ने फंसाया था उसका एक एक रूपया वापस लेकर के ये रहने वाले हैं उसे देश से गरीब से गरीब व्यक्ति को सशक्त करने का काम किया जाएगा इस अवसर पर संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि डाकघर भुगतान बैंक उन लोगों को सहज और निर्वाघ रूप से बैंकिग सुविधाएं पहुंचाएगा जो अभी तक इससे वंकित रहे हैं प्रदेश में विभिन्न जिलों में इस अवसर पर उद्घाटन समारोह आयोजित हुए जिसमें अनेक केन्द्रीय मंत्री भी शामिल हुए लखनऊ में केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की लखनऊ शाखा का उद्घाटन हजरतगंज स्थित मुख्य डाकघर में किया इस अवसर पर उन्होंने इसे आर्थिक क्रांति बताया और कहा कि न केवल इससे गरीबों मजदूरों और किसानों को बैंकिंग की विभिन्न सुक्वियाएं सीवे उनके घर पर प्राप्त होगी बल्कि साहकारों और कर्ज के दृष्वक्र से भी छटकारा मिलेगा वहीं वाराणसी में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय डाक भुगतान बैंक की एक शाखा का उद्घाटन किया इस बैंक में बचत खाता चालू खाता पैसे मेजने और बिलों के भुगतान जैसी सुविधा होगी

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश में जल्दी न्याय दिलाने की प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी के महत्व पर बल दिया है नई दिल्ली में कल उच्चतम न्यायालय अधिक्क्ता संघ के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री रामनाथ कोविंद ने कहा कि देश में ई कोर्ट की शुरूआत सबसे पहले दो हजार सोलह में हैदराबाद उच्च न्यायालय में हुई थी राष्ट्रपति ने लंबित मुकदमों में देरी के कई कारण बताते हुए जल्द निपटारे के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की इस अवसर पर उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्र ने कहा कि प्रौद्योगिकी में न्यायपालिका की उत्पादकता गुणवत्ता और प्रदर्शन को बढ़ावा देने की क्षमता है प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हम प्रबंधन संबंधी और परिचालन की व्यवस्था को बेहतर बनाने में कर सकते हैं

तीसरा यह कि कानूनी डेटाबेस जैसे तकनीकी संसाधन न्यायिक रोध को बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं इस वर्ष इक्कतीस अगस्त तक जमा आयकर रिटर्न में पिछले वर्ष के इसी समय तक जमा रिटर्न के मुकाबले लगभग इकहत्तर प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है

भारत और नेपाल ने रक्सौल और काठमांडू के बीच ब्रॉडगेज रेल लाइन बिछाने के लिए अभियांत्रिकी और रेल यातायात संबंधी प्रारमिक सर्वेक्षण के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं नेपाल में भारत के राजदूत मंजीव सिंह पुरी और नेपाल के योजना और कार्य निर्माण मंत्री मधुसुदन अधिकारी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली की मौजूदगी में समझौता झापन पर हस्ताक्षर किए भारत और नेपाल इस वर्ष अप्रैल में भारत के सीमार्क्ती शहर रक्सॉल और नेपाल के काठमांडू के बीच बिजली से संचालित नई रेल लाइन बिछाने पर सहमत हुए थे इस परियोजना के लिए भारत आर्थिक मदद देगा केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने कल अमेठी के पिंडारा ठाकुर गांव में कॉमन सर्विस सेन्टर का शुभारम्भ किया उन्होंने कहा कि पन्द्रह सितम्बर तक जिले की सभी ग्राम पंचायतों में वाईफाई चौपाल की व्यवस्था हो जायेगी जहां कॉमन सर्विस सेन्टर की सुक्वि उपलब्ध होगी श्रीमती ईरानी ने यह भी कहा कि इस वर्ष के अन्त तक देश की समी ग्राम पंचायतों में वाईफाई चौपाल की व्यवस्था की जायेगी बाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अमेठी के सभी विकासखंडों में महिला स्वाभिमान के लिए योजना चल रही है इस दृष्टि से अमेठी देश का पहला जिला है जहां महिला स्वाभिमान के लिए योजना चल रही है

इसकी घोषणा संस्थान द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में की गई

गोरखपुर के कथाकार दयानन्द पाण्डेय तथा राजधानी की श्रीमती मिथिलेश दीक्षित सहित बीस साहित्यकारों को दो लाख रूपये का साहित्य भूषण पुरस्कार दिया जायेगा प्रदेश भर में कल से विशेष संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाया गया पुनरीक्षित मतदाता सुची का अंतिम प्रकाशन चार जनवरी दो हजार उन्नीस को किया जायेगा यह अभियान इक्कतीस अक्टूबर दो हजार अट्ठारह तक चलाया जायेगा अभियान के अन्तर्गत एक जनवरी दो हजार उन्नीस तक अट्ठारह वर्ष की आयु पूरी करने वार्ले युवाओं और महिलाओं के साथ दिव्यांगों को विन्हित करके उनका नाम मतदाता सुवी में शामिल किया जायेगा मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अभियान के अन्तर्गत आज से इक्कतीस अक्टूबर दो हजार अठारह तक मतदाता सुची में नाम शामिल करने के लिए दावे और आपत्तियां प्राप्त की जायेंगी प्रदेश भर में आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है जन्माष्टमी कल भी मनाई जाएगी विमिन्न स्थानों पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म और जीवन से जुड़ी झांकियां सजाई गई हैं लोगों ने अपने घरों में भी झांकियाँ सजाई हैं जहां मक्यरात्रि को भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा मथुरा में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व का विशेष उत्साह है मथुरा के विभिन्न मंदिरों में आज से लेकर कल तक विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाएगे मथुरा में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को देखने के लिए देश विदेश से श्रद्वालु वहां पहुंच रहे हैं इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पुलिस विभाग में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को भव्यता के साथ पूरी शालीनता बरतते हुए मनाए जाने के निर्देश दिए हैं उन्होने कहा कि जन्माष्टमी एक महत्वपूर्ण पर्व है और पुलिस विमाग में हर साल परम्परागत ढंग से मनाया जाता है प्रख्यात तबला वादक पंडित कृमार लाल मिश्र का कल प्रातः वाराणसी में निधन हो गया वह चौहत्तर वर्ष के थे वे पंडित बाचा महाराज जी के पौत्र तथा पंडित शामता प्रसाद मिश्र गुदई महाराज के सुपत्र थे उन्हें संगीत नाटक अकादमी से संगीत रत्न पुरस्कार के साथ ही कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था